प्रदेश में एईएस यानि संदिग्ध ब्रखार से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी

नेपाल सरकार ने भारतीय सब्जी और फल के नेपाल में बिना लैब टेस्ट के आयात पर लगी रोक को हटा लिया है पिछले पच्चीस जून को नेपाल सरकार ने भारतीय सब्जी में विषाणु होने का हवाला देते हुये बिना लैब टेस्ट के नेपाल में प्रवेश पर रोक लगा दी थी इस सूचना के बाद नेपाल की वीरगंज स्थित भनसार पर भारतीय सब्जी और फल लदे वाहनों की लंबी कतार लग गयी

उत्तरप्रदेश के वाराणसी में कल व्रक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के सपने को लेकर पूरा भारत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है बाईट प्रधानमंत्री दौड़ना ही तो न्यूं इंडिया का सरोकार है तो साथियों बात होगी हौसले की नई संमावनाओं की विकास के यज्ञ की मां भारती की संवा की और न्यू इंडिया के सपने की ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य से पचास हजार रूपये से अधिक के लेनदेन में अब पैन कार्ड की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि बैंकों और अन्य संस्थान उन सभी जगहों पर आधार स्वीकार करने को लेकर अपनी व्यवस्था को उन्नत करेंगे जहां पैन का जिक्र करना अनिवार्य है इस बदलाव के लिये केंद्र सरकार ने बैंकों और अन्य संस्थानों को अपने सिस्टमों कों अपडेट करने के लिये कहा है समावेशी विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों कृषि और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का केंद्रीय बजट समावेशी विकास पर बल देता है उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के वितरण में सुधार की जरूरत है स्टार्ट अप पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि में स्टार्ट अप इस क्षेत्र में एक नवाचार का माध्यम है

कृषि क्षेत्र में नवाचार आवश्यक है और नवाचार के लिए स्टार्टअप महत्वपूर्ण जरिया है डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिये फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले पांच सौ अठहत्तर शिक्षक पकड़े गये हैं इन शिक्षकों के डीएलएड रिजल्ट को रोक दिया गया है राज्यभर में पांच हजार से अधिक शिक्षकों ने इंटर के फर्जी सर्टिफिकेट पर डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करवाया है

एईएस यानि संदिग्ध बुखार से प्रदेश में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है इस बीमारी से गया में दो जबकि छपरा बांका और मुजफ्फरपुर में एक एक बच्चे की मौत हो गयी अब तक दो सौ तीन बच्चों की बीमारी से मौत हो चुकी है इधर गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदिग्ध एईएस मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला लगातार जारी है केंद्रीय टीम की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल में सेंट्रल लैब जल्द शुरू करेगी इसमें नये खुले बायरोलॉजी के सेंटर के साथ माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे इसके लिये आवश्यक किट और उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि अभी एईएस के एक सौ इकतीस मरीजों की जांच हुयी है इसमें इक्कीस में जेई की पुष्टि हुयी है शराबबंदी के शपथ समारोह में शामिल नहीं होने पर बीएमपी पंद्रह की दस महिला सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है ये सभी महिला सिपाही मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित बीएमपी छह कैंप कार्यालय में कार्यरत हैं ये सभी फिलहाल मुख्यालय के आदेश पर पटना में ड्यटी कर रही थीं वहीं दूसरी ओर पूर्व मध्य रेल मुख्यालय ने अवैध वसूली करने वाले आरपीएफ के दो आरक्षियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है जबकि एक निरीक्षक को निलंबित किया गया है सीबीएसई की ओर से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्टसीटीईटी की परीक्षा आज हो रही है प्रदेशभर में दो लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं पटना के अलावा वैशाली दरभंगा भागलपुर गया और मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं ये परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह नौ बजकर तीस मिनट से जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे शुरू होगी इधर प्रदेश के इंटर स्कूल और कॉलेजों में स्पॉट नामांकन कल से शुरू होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज खाली सीटों की संख्या की घोषणा की जायेगी राजधानी पटना सहित राज्य के कई इलाकों में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है राजधानी पटना का तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राज्य के पूर्वी दक्षिणी भाग में साइक्लोनिक क्षेत्र बनने के कारण मॉनसून सिस्टम मजबूत हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में बारह जुलाई तक मॉनसून सक्रिय रहेगा मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा है कि इस दौरान गंगा के तटीय क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में जोरदार बारिश और ओले पड़ने की भी संभावना है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में संभावित सूखे की स्थिति के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय बनाकर हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें नवादा में आयोजित पांचवीं राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबान नवादा पटना भोजपुर और जमुई की टीम बालक वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है वहीं बालिका वर्ग में नालंदा नवादा शेखपुरा भागलपुर पटना सीवान भोजपुर और मुजफ्फरपुर की टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है बिहार राज्य रग्बी एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ज्योति ने बताया कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल मैच आज खेले जायेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने राज्य में संभावित सूखे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक को शीर्षक दिया है सूखे से निपटने को तैयार रहें नीतीश कुमार दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अब गरीबी पर गौरव करने का समय गया प्रभात खबर ने राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है कोर्ट में पेश हये राहल गांधी मिली जमानत दैनिक भास्कर विश्व कप क्रिकेट में भारत की श्रीलंका पर बड़ी जीत की खबर को सचित्र छापते हुये लिखा है भारत सात विकेट से जीता रोहित एक वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी

प्रदेश में एईएस यानि संदिग्ध ब्रखार से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी